हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा का बजट सत्र पांच मार्च से श्रू होगा पांच मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण होगा और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा समाप्त हाने पर बजट अन्मान प्रस्तृत किये जायेंगे विधानसभा सत्र की कार्यवाही की सूची बजट प्रस्तूत करने की तिथि विधानसभा कारोबार परामर्श समिति की बैठक में तय की जायेगी मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कोविड महामारी के कारण पिछले बजट के अन्मानों से अधिक खर्च की जरूरत पड़ी और सर्वदलीय बैठक में जरूरत पड़वे पर अतिरिक्त कर्ज लेने पर सहमति बनी थी सरकार ने पांच हजार करोड़ रूपये का कर्ज लिया उन्होंने कहा कि सरकार ने वेतन पेंशन कर्ज पर ब्याज की अदायगी सहित सभी आवश्यक खर्चो में कोई कठिनाई नहीं आने दी म्ख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश मे पिछले पांच साल के मुकाबले सकल घरेल् उत्पाद में वृद्धि हुई है

म्ख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के निजी अस्पतालों में भी कोविड वैक्सीन के टीके लगाये जा रहे है

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कोरोना आपदा के बावजूद प्रदेश तेज़ गति से विकास कर रहा है अगले वित्त वर्ष में सरकार दिल्ली के चारों तरफ विकसित की जाने वाली पंचग्राम योजना को लेकर भी ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है उपम्ख्यमंत्री आज जिला लोक सम्पर्क एवं परिवाद समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हये उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में कोरोना जैसी बडी आपदा आई लेकिन प्रदेश ने वस्त् एवं सेवाकर जीएसटी राजस्व एवं आबकारी सहित सभी तरह की कर वसूली में बेहतरीन कार्य किया है

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा के प्लिस महानिदेशक मनोज यादव का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता के दौरान म्ख्यमंत्री ने यह जानकारी दी

उनका कार्यकाल समाप्त होने पर राज्य सरकार ने उनके कार्यकाल में एक साल की वृदधि की मांग की थी हालांकि गृहमंत्री अनिल विज इसके पक्ष में नहीं थे

राज्यसभा टी वी और लोकसभा टी वी का विलय कर दिया गयाहै और अब से संसद टी वी नाम से जाना जायेगा सेवानिवृत आईएएस अधिकारी रवि कपूर को इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी निय्क्त किया गया है संसद टी वी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण दो अलग अलग चैनलों पर करेगा दोनों चैनलों के एकीकरण के बारे में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्यसभा के सभापति एम वैकेंया नायड् और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया है

स्टेडियम के पूरा होने से अम्बाला में फुटबाल के अतीत का गौरव फिर से लौट आयेगा श्री विज आज वार हीरोज़ मैमोरियल स्टेडियम अम्बाला छावनी के फ्टबाल छावनी खेल स्टेडियम में निर्माण कार्यो की समीक्षा के साथ साथ फ्टबाल खेल से जूड़े अम्बाला के प्राने व नये खिलाड्रियों के साथ बात कर रहे थे गृहमंत्री ने कहा कि इस स्टेडियम में सभी सुविधायें होगी

हरियाणा के खेल एवं य्वा मामले राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि सरस्वती नदी के प्रवाह को लेकर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है इसके लिए यमुनानगर जिले के तीन गांवों के किसानों ने दादूपुर नलवी के तीन किलोमीटर तक की भूमि सरकार को देने का निर्णय लिया है श्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा मे सरस्वती नदी की धार लगातार सालभर बहती रहे और किसानों को इसका पूरा लाभ मिले इसके लिए स्यालवा झांड़ चन्दना व ऊंचा चंदाना सहित तीन गांवों के किसानों ने खूद आगे आकर सरकार को भूमि देने की पहल की है